मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए है संकल्पित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही हैं उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में खुशी आये इसके लिए लागत का डेढ़ गुना दाम देने की घोषणा की गई है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में ऑनलाइन धनराशि हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्नीस जिलों के तीन लाख अड़तालिस हजार पांच सौ ग्यारह किसानों को एक सौ तेरह करोड़ बीस लाख छाछठ हजार रूपये की धनराशि हस्तांतरित की उन्होंने कहा कि यह धनराशि किसानों के नुकसान की काफी हद तक भरपाई करने में मददगार साबित होगी उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य संचालित किये गये और प्रभावित लोगों को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई गयी मुख्यमंत्री ने समी जनपदों में जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा है कि एनडीए सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम श्रू किए हैं कल शाम दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में किसानों को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दस करोड किसानों के खातों में छह हजार रुपये प्रति किसान जमा कराए गए हैं उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती हैं और किसान भारत की रीढ हैं श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के हित के लिए एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की उन्होंने कहा कि पहली दफा विमिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ गुणा बढोतरी की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है केन्द्र सरकार ने इस वर्ष की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया है प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितम्बर महीने के दूसरे पखवाड़े से सफल केन्द्रीय भंडार और एनसीसीएफ तथा राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्द तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ मौसम के दौरान लगभग सैंतीस लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में आने की संमावना है जिससे बढ़ती कीमतें कम करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रदेश के एक हजार पांच सौ अड़तालिस पुलिस थानों पर महिला हेल्य डेस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है राज्य में प्रत्येक तहसील और विकास खंड स्तर पर भी महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जायेंगी जिसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है मुख्य सचिव राजेन्द्र क्मार तिवारी ने बताया कि अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर आने वाली महिलाओं को इधर उधर न भटकना पड़े इसके लिए तहसील स्तर पर एक केन्द्रीयकृत आध्निक महिला हेत्य डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है इस महिला हेल्प डेस्क पर महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए उपयुक्त स्तर की महिला कार्मिकों की तैनाती की जायेगी जिससे पीड़ित महिलों को कोई असुविधा न हो इन महिला हेल्य डेस्क का तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जायेगा और उप जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक पन्द्रह दिन में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की जायेगी रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे के करीब ग्यारह लाख अट्ठावन हजार गैर राजपत्रित कर्मचारियों को दो हजार उन्नीस बीस के लिए अट्ठहत्तर दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा इस पर दो हजार इक्यासी करोड रुपये से अधिक का खर्च आएगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में उत्पादकता आधारित बोनस मंजूर किया था बोनस की अधिकतम राशि प्रति कर्मचारी सत्रह हजार नौ सौ इक्यावन रुपये होगी केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कल नई दिल्ली में आधार वर्ष दो हजार सोलह के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की श्री गंगवार ने कहा कि यह सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंकों और बीमा कंपनियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है श्री गंगवार ने इसे महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक बताया

ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है ये सूचकांक जनसंख्या द्वारा उपमोग की जाने वाली कस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले बदलावों को नापने का काम करता है प्रदेश में सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में प्रचार अभियान तेजी पकड़ रहा है भाजपा कांग्रेस सपा बसपा और अन्य पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ब्लंदशहर अमरोहा के नौगावां सादात और फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया इन सीटों पर तीन नवम्बर को वोट डाले जायेंगे और दस नवम्बर को वोटों की गिनती होगी प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और ठीक होने की दर में ब्रद्वि दर्ज की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले छत्तीस घंटों में राज्य में दो हजार चार सौ दो कोरोना के नये मामले सामने आये जबकि इसी अवधि में इससे ज्यादा दो हजार पांच सौ इक्यासी मरीजों की ठीक होने के बाद छटटी कर दी गयी इस समय राज्य में उन्तीस हजार एक सौ इकत्तीस कोरोना के सक्रिय मामले हैं अब तक चार लाख सत्ताईस हजार नौ सौ सैंतीस मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं पिछले छत्तीस घंटों में राज्य में कोरोना के कारण पैंतीस लोगों की मौत हुई और अब कुल संख्या छः हजार सात सौ नब्बे हो गयी है

पिछले छत्तीस घंटों के दौरान उन्यासी हजार से अधिक रोगी ठीक हए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि अब तक अड़सठ लाख चौहत्तर हजार से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर क्ल संक्रमित लोगों की केवल नौ दशमलव दो नौ प्रतिशत रह गई है इस समय सात लाख पन्द्रह हजार मरीजों का उपचार चल रहा है मिर्जाप्र में जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल की अध्यक्षता में हई अल्पसख्यक समुदाय के लोगों की बैठक में कोरोना के मददेनजर आगामी तीस अक्टूबर को ईद ए मिलाद उन्नवी के त्योहार पर जुलूस न निकालने का निर्णय लिया गया मुस्लिम धर्म गुरूओं के इस फैसले की जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा सराहना की गयी